प्रदेश में मतगणना की चल रही है तैयारियां पौड़ी और टिहरी में कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण

राज्यभर में आज कई जगह मौसम ने ली करवट बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में हई बर्फबारी निचले इलाकों में हल्की बारिश आज श्रम दिवस पर प्रदेश में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम बागेश्वर में श्रमिकों को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी

सभी पार्टियों के बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का उल्लेख करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रमिकों के हित में कई कार्य किये हैं प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश के ही कोशांबी जिले में भी एक जनसभा को संबोधित किया वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही देश की एकता और अखण्डता को बनाए रख सकती है उन्होंने नरेन्द्र मोदी के इस दावे को खारिज कर दिया कि एनडीए के सत्ता में आने से पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार दिलायेगी उत्तर प्रदेश में गठबंधन प्रत्याशी की रैली में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जनता सबकुछ समझ चुकी है अब नमो नमो वालों की छुट्टी होगी फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को भी बसपा प्रमुख मायावती ने संबोधित किया

मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार उपयोग में लाया गया है ईटीपीबीएस मतपत्रों की गणना के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया

वहीं टिहरी लोकसभा की मतगणना के लिए नगर पालिका परिषद बौराड़ी के हॉल में मास्टर ट्रेनरों ने मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षण के पहले चरण में पोस्टल बैलेट की मतगणना की जानकारी दी गई अपर जिलाधिकारी शिवचरण त्रिवेदी ने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है

चमोली के नारायणबगड़ में मोनाछीना के पास एक ट्रक पिंडर नदी में जा गिरा इस हादसे में ट्रक सवार चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई मंगलवार देर रात लगभग दो बजे सड़क निर्माण करने वाली एक कम्पनी का यह वाहन तारकोल लेकर मीन गदेरे की ओर जा रहा था तहसील प्रशासन ने पुलिस और एसडीआरएफ टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है दोनों मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे पौड़ी जिले में राठ महाविद्यालय पुल के नीचे नयार नदी में नहा रहे तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पौडी जिला चिकित्सालय भेजा बताया जा रहा है कि खिर्सू ब्लॉक के ग्राम ग्वाड़ से कुछ लड़के यहां घूमने आये थे उधर चम्पावत जिले के बनबसा में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गयी दोनों मजदूर एक बारात घर में सीढ़ी लगाकर टैंट बांध रहे थे

इसके लिए विभिन्न कस्बों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है आज चन्द्रापुरी कस्बे और गदरे में सफाई अभियान चलाया गया

यह पर्यावरण मित्रघर घर जाकर कूड़ा एकत्रित कर चिन्हित स्थान पर जैविक और अजैविक कूड़े का निस्तारण करेंगे

केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की खबर है जबकि नैनीताल में सुबह हल्की बारिश हुई बारिश से तापमान में गिरावट आयी है जिससे फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है पिथौरागढ़ में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है राजधानी देहरादून में सुबह बादल छाये रहे जबकि दोपहर बाद धूप खिल गई इससे पहले कल देर शाम देहरादून में धूल भरी आंधी चली जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा कई स्थानों पर पेड़ गिरने की भी खबर है तो वहीं कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई जिसे देर रात बहाल किया गया

मॉनसून से पहले विभिन्न विभागों की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने महत्वपूर्ण बैठक की उन्होंने बताया कि एक जून से सभी तहसीलों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जानी है उन्होंने उपजिलाधिकारियों को इसके लिए अभी से रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिये

इसके अलावा उन्होंने अन्य विभागों को भी बरसात के मौसम से पहले सभी व्यवस्था पूरी करने की हिदायत दी

इस दौरान जीबी पंत संस्थान के वैज्ञानिक डा सुव्रत राय ने संस्थान द्वारा तैयार किये गये मोबाइल एप हिमा का प्रस्तुतिकरण किया उन्होंने बताया कि इस मोबाइल एप के माध्यम से किसी भी आपातकालीन स्थिति में उस स्थान की फोटो खींचकर मोबाइल में अपलोड की जा सकती है इसके बाद सम्बन्धित नोडल अधिकारी के मोबाइल में सूचना आ जाएगी उन्होंने बताया कि यह ऐप आपातकाल स्थिति में मददगार साबित हो सकता है

इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का एकीकरण प्रदेश में भी श्रम दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गए अन्तराष्ट्रीय मई दिवस के अवसर पर आज सीटू ने देहरादून जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकर्मों का आयोजन कियाद्य बागेश्वर में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी दी गई नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने मजदूरों को श्रम मानकों की जानकारी दी उन्हें बताया गया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिये उन्हें खुद जागरूक होना होगा

वक्ताओं ने बताया कि श्रम कानून महिला और पुरूष में भेदभाव नहीं करता श्रम के आधार पर दोनों को ही समान अधिकार दिये गये हैं यदि किसी कार्यक्षेत्र में उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिये उधर पिथौरागढ़ में मजदूर यूनियन ने शहर में रैली निकाली और श्रमिकों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई

स्लग मोबाइल एटीएम वाहन उत्तरकाशी में एटीएम से धनराशि निकालने की सुविधा के लिए मोबाइल एटीएम वाहन का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि यात्रियों और दूरस्थ क्षेत्र की जनता को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक या एटीएम तक जाना पड़ता है अब वे मोबाइल एटीएम वाहन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं नाबार्ड के सहयोग से जिला सहकारी बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम वाहन दूरदराज के यात्रा मार्गों पर चलाया जायेगा जिला सहकारी बैंक के महाप्रबधंक सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि यात्रा मार्गो में जहां भी इन्टरनेट कनेक्टिविटी होगी यात्री और स्थानीय लोग एटीएम वाहन से धनराशि निकाल सकते हैं